कोविड महामारी के ख़िलाफ़ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह साढे ग्यारह बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगरा मेट्रो के निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे

यह मेट्रो ताजमहल आगरा फोर्ट और सिकन्दरा जैसे प्रमुख पर्यटक स्थलों को रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों से जोड़ेगी

परियोजना पर आठ हजार तीन सौ उन्यासी करोड़ रूपये की लागत आने का अनुमान है और इसे पांच वर्षो में पूरा किया जायेगा इस सिलसिले में आयोजित होने वाले कार्यकम की तैयारी के बारे में हमारे प्रतिनिधि ने बताया डिस्पैच ताजनगरी आगरा अब स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है आगरा में स्मार्ट सिटी के तहत विकास कार्य तो चल ही रहा है ऐसे में अब यहां के बाशिंदों को मेट्रो रेल की सौगात भी मिलने जा रही है जिससे न सिर्फ जाम की दिक्कत से राहत मिलेगी बल्कि आगरा आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को सुविधा हासिल होगी इस मौके पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा आगरा के पीएसी मैदान पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे शुभारंभ कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और जिला प्रशासन अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है सज्जन सागर आकाशवाणी समाचार आगरा

भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार शिक्षक खण्ड की सीटों पर पार्टी के चुनाव चिन्ह पर प्रत्याशी उतारे थे

भारतीय जनता पार्टी के इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह लखनऊ से मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी आगरा से और दिनेश कुमार गोयल मेरठ स्नातक सीट से विजयी घोषित किए गए हैं समाजवादी पार्टी के खाते की सीटों में वाराणसी से आशुतोष सिन्हा और इलाहाबाद झांसी स्नातक सीट से डॉक्टर मान सिंह यादव विजयी घोषित किए गए

बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर सभी बड़ी पार्टियों भाजपा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे

एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ नये कृषि कानूनों पर गतिरोध ख़त्म करने के लिए किसान नेता बुधवार को सरकार के साथ छठे दौर की बातचीत करेंगे

कृषिमंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार समाधान खोजने के लिए सभी पहलुओं पर विचार करेगी इसी कम में आपत्ति वाले प्रावधानों के संभावित समाधान तैयार किये हैं उन्होंने कहा कि सरकार विवादों के समाधान के लिए ऊपरी अदालत में जाने का प्रावधान शामिल करेगी कृषिमंत्री ने दोहराया की न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए तैयार है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

प्रादेशिक समाचारों के इस ब्रलेटिन में आपका फिर से स्वागत है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में फिल्म निर्माण संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहन दे रही है उन्होंने कहा कि राज्य में फ़िल्म निर्माण के लिए ज़रूरी अच्छी लोकेशन्स भी मौज़ूद हैं यह बात श्री योगी ने आज लखनऊ में अपने आवास पर फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा से मुलाकात के दौरान कही प्रदेश में फ़िल्म निर्माण के लिए समुचित माहौल और क़ानून व्यवस्था का जिक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में फ़िल्म निर्माण के लिए माहौल अनुकूल है इसे और बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार सभी ज़रूरी कदम उठा रही है इसी कम में सरकार नोयडा में विश्वस्तरीय फ़िल्म नगरी की स्थापना करने जा रही है ताकि फ़िल्म निर्माण से संबंधित सभी गतिविधियों को पूरा करने के लिए निर्माताओं को सुविधाएं हासिल हो सकें मुलाकात के दौरान सिने निर्माता प्रकाश झा ने मुख्यमंत्री को बताया कि पिछले तीन वर्षो से उनके द्वारा एक वेब सीरीज़ का निर्माण अयोध्या में किया जा रहा है जिसमें एक हज़ार स्थानीय कलाकार और पचास वरिष्ठ कलाकारों द्वारा काम किया जा रहा है इस सीरियल को कई करोड़ लोग देख चुके हैं फ़िल्म निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की सराहना करते हुए श्री झा ने कहा कि राज्य में फ़िल्म निर्माण के लिए अच्छा माहौल है और स्थानीय प्रशासन भी पूरा सहयोग प्रदान कर रहा है

इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है श्री कोविंद ने कहा कि देश की कानून व्यवस्था वित्त और समग्र विकास की रूपरेखा डॉक्टर आम्बेडकर क विचारों से प्रेरित रही है उन्होंने लोगों से संवैधानिक दायरे में आर्थिक और सामाजिक न्याय समान अवसरों और भाईचारे के लिए डॉक्टर आम्बेडकर के आदर्शों को कार्यरूप देने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बाबा साहब के विचार और आदर्श लाखों लोगों को निरंतर प्रेरित करते रहेंगे बाइट छह दिसंबर को बाबा साहेब आंबेडकर की पुण्यतिथि पे ये दिन बाबा साहेब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के साथ ही देश के प्रति अपने संकल्पों संविधान ने एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को निभाने की सीख जो हमें दी है उसे दोहराने का है प्रदेश में अनेक स्थानों पर कई सामाजिक सांस्कृतिक और शैक्षिक संगठनों द्वारा डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन और योगदान पर विभिन्न कार्यकमों का आयोजन किया जा रहा है लखनऊ में आयोजित एक कार्यकम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को श्रद्वांजलि अर्पित की इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बाबा साहेब ने गरीबों पिछड़ों और वंचितों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की आधारशिला रखी जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कार्यरूप दिया जा रहा है भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर आम्बेडकर एक न्यायविद अर्थशास्त्री राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे जिन्होंने शोषित वर्गों महिलाओं और श्रमिकों के साथ भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया

सिद्धार्थनगर जिले में आज प्रधानमंत्री जन विकास कार्यकम के तहत नौगढ़ विकास खण्ड में कॉमन सर्विस सेन्टर की आधारशिला रखी गयी इस केन्द्र क निर्माण की कुल लागत एक करोड़ चालीस लाख रूपये है इस अवसर पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि कॉमन सर्विस सेन्टर बन जाने से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को एक केन्द्र से मिल सकेगा इससे जहां एक ओर प्रशासनिक कार्य में तेजी आयेगी वहीं दूसरी ओर जनता को भी इससे काफी सहूलियत होगी